आज हरिद्वार में इंडस्ट्रियल समिट के उद्घाटन के अवसर पर उद्यमियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में होने वाले प्राकृतिक उत्पादों को बाजार के माध्यम से देश विदेश में बेचने के लिए ग्रामीण इलाकों में भी अपरोच सेंटर बनाए जा रहे हैं ताकि पहाड़ी उत्पादों को सही दाम मिल सके और प्रदेश का संतुलित विकास किया जा सके

राज्य को देश के अन्य भागों से जोड़ने के लिए रेल सड़क और हवाई यतायात की सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदेश में पलायन को रोकने के साथ साथ नए रोजगार के सुजन में उद्योगपति सरकार का साथ देंगे

साथ ही उद्यमियों की सुविधा के लिए जिलाधिकारियों को अधिकार दिया गया है कि वे उद्योग स्थापित करने के लिए अपने स्तर पर ही हर प्रकार की मंजूरी प्रदान कर सकते हैं निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कल नामांकन वापसी का अंतिम दिन है आज नामांकन पत्रों की जांच की गई प्रथम चरण के मतदान के लिए कल दोपहर बाद चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे

जिला पंचायत सदस्य के तीन सौ छप्पन पदों के लिए दो हजार दो सौ इकतालिस लोगों ने नामांकन किया है इस तरह कुल नामांकन की संख्या उनहत्तर हजार सात सौ इक्कीस है

इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी विकास खंड में स्टाफ की तैनाती के निर्देश दिये हैं सोशल मीडिया पर भी पूरी निगरानी की जा रही है

प्रधानमंत्री अपने संबोधन में गरीबी हटाने सुलभ स्वास्थ्य देखभाल तथा आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी सरकार के प्रमुख उपायों की चर्चा कर सकते हैं विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री के संबोधन में पाकिस्तान से चलाए जा रहे आतंकवाद के अलावा वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से निपटने की एकजुट कार्रवाई का विशेष रूप से उल्लेख होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री का संबोधन ऐसे समय हो रहा है जब भारत विश्व स्तर पर अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों और रैंकिंग में भारत की स्थिति में महत्व पूर्ण सुधार हुआ है दशमोत्तर छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा वितरित की गयी एससी एसटी और ओबीसी दशमोत्तर छात्रवृत्ति वितरण में हुई अनियमितता की शिकायत पर जांच के लिए गठित एसआईटी ने ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिले में सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों बैंकों और मामले में सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्व अभियोग पंजीकृत किये हैं पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंज्याल ने बताया कि उधमसिंह नगर जिले के जसपुर और बाजपुर में छात्रों का भौतिक सत्यापन किया गया तो पाया कि कतिपय छात्रों से स्थानीय दलालों द्वारा उनका शैक्षिक जाति स्थाई निवास प्रमाण पत्र और उनके पिता के आय प्रमाण पत्र प्राप्त कर शैक्षणिक संस्थानों के स्वामियों के साथ मिलकर समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति प्राप्त की समान्य वर्ग के छात्रों को एससी एसटी और ओबीसी वर्ग में दिखाकर और छात्रों का शैक्षणिक संस्थानों में फर्जी दाखिला दिखाकर छात्रवृत्ति प्राप्त की गई

जांच में सामने आया कि इनमें से किसी भी लाभार्थी ने इस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं की है मौसम सितंबर के आखिरी हफ्ते में भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है राजधानी देहरादून समेत कई क्षेत्रों में कल रातभर बारिश हुई अल्मोड़ा जिले के चौना गांव में गुरुवार को आकाशीय बिजली गिरने से दो महिलाओं की मृत्यु हो गयी वहीं बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहा हालांकि बारिश के बाद मौसम साफ हो गया मौसम विभाग ने कल पौड़ी टिहरी देहरादून रुद्रप्रयाग बागेश्वर चमोली नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी का अलर्ट जारी किया है विश्व पर्यटन दिवस आज विश्व पर्यटन दिवस है

भारत पहली बार इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का अधिकृत आयोजन कर रहा है मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने विश्व पर्यटन दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है प्रदेश में माउंटेनियरिंग रिवर राफ्टिंग ट्रैकिंग कैम्पिंग पैराग्लाइडिंग माउंटेन बाईकिंग आदि की बहुत सम्भावनाएं हैं इसके लिए साहसिक पर्यटन का अलग से निदेशालय बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश पर्यटन वेलनेस टूरिज्म और आयुष के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है विश्व पर्यटन दिवस पर चमोली जिले के कई होटल व्यवसायियों ने पर्यटकों को खास सौगातें दी चमोली जिले में कई विश्व विख्यात पर्यटन और धार्मिक स्थल हैं जहां हर साल लाखों की संख्या में देश विदेश के सैलानी और श्रद्वालु पहुंचते हैं औली की खूबसूरत ढलाने स्की प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं वहीं फूलों की घाटी रूपकुण्ड बेदनी भेंटी बुग्याल बेनी ताल सहित कई अन्य पर्यटक स्थल भी वर्षभर पर्यटकों से गुलजार रहते हैं इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम हेमकृण्ड साहिब रूद्रनाथ कल्पेश्वर आदिबदरी बामनाथ बैरासकृण्ड भविष्य बदरी आदि धार्मिक स्थल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं

प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और अन्य अधिकारियों ने इस प्रस्कार को प्राप्त किया वहीं उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा देहरादून के मालदेवता में चार दिवसीय मालदेवता पैराग्लाईडिंग एकोरेसी प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया गया

इस अवसर पर बीएसएफ के पैरा कमाडेंट राजकुमार नेगी ने बताया कि प्रदेश में पैराग्लाइडिंग की काफी संभावनाएं हैं मालदेवता जैसे स्थान को पैराग्लाईडिंग हब के रूप में विकसित किया जा सकता है मानव श्रंखला रुद्रप्रयाग सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने और राज्य सरकार के सोर्स सेग्रीगेशन पखवाड़े को सफल बनाने के लिए आज रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि तिलवाड़ा और ऊखीमठ में स्कूली बच्चों अध्यापकों अधिकारियों कर्मचारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने सभी से स्वच्छता ही सेवा और सोर्स सेग्रीगेशन के अन्तर्गत वृहद सफाई अभियान को सफल बनाने की अपील की जागरूकता चंपावत चम्पावत जिले में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान और जिला उद्योग केंद्र द्वारा चम्पावत बाजार में ग्राहकों को प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया गया इसके साथ ही प्लास्टिक के थैले नष्ट कर ग्राहकों को जूट और कपड़े से बने थैले भी दिए गए

उन्होंने कहा कि जूट और कपड़े के बैग स्थानीय स्तर पर तैयार हो सके इसके लिए स्वयं सहायता समूहों को जल्दी ही इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा

युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए नीति निर्माण जन जागरूकता संवेदीकरण और क्रियान्वयन के लिए कई मंच स्थापित किए गए हैं साथ ही विज्ञान एवं तकनीकी और वन एवं पर्यावरण विभागों से संबंधित स्थाई समितियां गठित की गई है जो जलवायू परिवर्तन के संबंध में सरकार द्वारा विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करती है विधानसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या समाधान की कोई भी वैश्विक रणनीति बनाने और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विश्व के सभी देशों के बीच सहयोग की आवश्यकता है विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बेरोजगारी की समस्या के स्थाई समाधान के लिए जनसंख्या नियंत्रण विश्व समुदाय की उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए उन्होंने स्वरोजगार को बढ़ावा देने और नई नवाचार योजनाएं बनाकर उनका प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने पर भी जोर दिया

इसके लिए सेना के नर सिंह मैदान में तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं मैदान में झूला चरखा और स्टाल लगाने का कार्य शुरू हो गया है संयुक्त मजिस्ट्रेट नरेन्द्र भण्डारी ने मैदान में चल रहे कार्यों का जायजा लिया